उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक नई योजनाए आरम्म की हैं जिनमें वन समुद्धि जन समुद्धि सामुदायिक वन संवर्धन और विद्यार्थी वन मित्र योजना शामिल है जयराम ठाकर ने कहा कि लोगों को बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक करने और वक्षारोपण की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए एक बूटा बेटी के नाम योजना भी शुरू की गई है

मुख्यमंत्री ने पौधरोपण के कार्य में आम जनता गैर सरकारी संस्थाओं और पंचायती राज संस्थानों की सहभागिता पर भी बल दिया इस अवसर पर शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज और वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी अपने विचार व्यक्त किए राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी के दौरान कृषि क्षेत्र में विशेष ध्यान देने पर बल दिया है

बंडारू दत्तात्रेय ने जिला प्रशासन को केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई राशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए राज्यपाल ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत भी बताई निशंक मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मनोदर्पण पहल की वर्चुअल रूप से शुरूआत की है इस पहल से विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों को मनो वैज्ञानिक व सामाजिक सहायता मिलेगी इस अवसर पर निशंक ने कहा कि मनोदर्पण इस मुश्किल समय में विद्यार्थियों शिक्षकों और परिवारों को मजबूती सहायता और सुझाव देगा

रमेश पोखरियाल निर्शंक ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के प्रयास कर रही है

सुलह विधानसभा क्षेत्र के दरंग में आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वनों को संरक्षित रखना सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेवारी है परमार ने सभी लोगों से एक एक पौधा रोपित करने के बाद उसका संरक्षण करने की भी अपील की कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने बस किराए में की गई बढ़ोतरी के विरोध में आज शिमला में धरना प्रदर्शन किया

उन्होंने सरकार से बस किराए में बढ़ोतरी संबंधी जन विरोधी निर्णय को तुरन्त वापिस लेने की मांग की है राठौर ने सरकार पर कर्मचारियों किसानों व बागवानों की पूरी तरह अनदेखी करने का आरोप भी लगाया

प्रधानमंत्री ने लोगों से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले प्रेरक सामूहिक प्रयासों को साझा करने को कहा है

वे अपने विचार नमो ऐप्प या माईगोव पर भी भेज सकते हैं

उपायुक्त ऋचा वर्मा ने आज कुल्लू में एक समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी